मुठभेड़ जवान शहीद समर्पण बस्तर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के दो जवान शहीद हो गए वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारडूम थाना क्षेत्र में सीएएफ बाईसवीं बटालियन के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे इसी दौरान बोदली गांव के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस दौरान दो जवान शहीद हो गए घायल एक अन्य जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुठभेड़ के बाद माओवादी एके सैंतालीस रायफल और दो हैंडसेट अपने साथ लूटकर ले गए वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है इधर राजनांदगांव जिले में आज माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इन दोनों माओवादियों पर तेरह लाख रूपये का इनाम घोषित था

जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है कोविड उन्नीस से निपटने के लिए टीके और दवाएं तैयार करने संबंधी अनुसंधान के वास्ते यह महत्वपूर्ण कदम है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि परिषद कोविड उन्नीस से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक लगभग पांच हजार नौ सौ लोगों के साढ़े छह हजार से ज्घ्यादा नमूनों की जांच की है जिसमें से तिरासी मामलों में वायरस के संक्रमण का पता चला है डॉक्टर भार्गव ने लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं और सावधानी बरतें इस बीच केन्द्र सरकार ने अगले सौ दिनों तक फेसमास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

इसी कड़ी में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इकतीस मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग एक तथा सेमेस्टर पद्धति मे सेमेस्टर एक दो और तीन की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं केवल स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष तथा अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही यथावत् होंगी वहीं प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित दिव्यांग महाविद्यालय विशेष महाविद्यालय आश्रयदत्त कर्मशाला और बहु सेवा केन्द्र इकतीस मार्च तक बंद रहेंगे इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नवा रायपुर अटल नगर स्थित जंगल सफारी को भी तेईस मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है कबीरधाम जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज जिला अस्पताल का भ्रमण किया इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में विशेष ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं अब जिला अस्पताल में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की विशेष जांच की जाएगी उधर बस्तर के आश्रम और छात्रावासों को भी खाली कर वहां रह रहे बच्चों को उनके घर भेजने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अड़तालीस लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को चार फीसदी मंहगाई भत्ता एक जनवरी से बढ़ाने का फैसला हुआ है इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब चौदह हजार छह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा रोपवे लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के क्षीरपानी प्रांगण में नवनिर्मित मां बम्लेश्वरी उड़नखटोला रोप वे का कल लोकार्पण किया इसके साथ ही डोंगरगढ़ में अब दो रोप पे हो गया है जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी करीब आठ करोड़ रूपये की लागत से निर्मित नए रोप वे में चौदह ट्रॉलियां लगाई गई हैं एक घंटे में पांच सौ श्रद्धालु पहाड़ी पर जा सकेंगे एनटीपीसी भू विस्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी में होने वाली नियुक्तियों में भू विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने एनटीपीसी प्रबंधन की बैठक में यह निर्देश दिए कलेक्टर ने कहा कि आगामी बैठक के पहले एनटीपीसी में पद की बाध्यता खत्म करते हुए जो जिस पद के लिए योग्य है उस पद पर विस्थापितों को नियुक्त किया जाए उन्होंने नियुक्तियों में पुनर्वास नीति का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए आवासीय भूखंड नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर पंद्रह और सेक्टर तीस में आवासीय भूखंड परियोजना शुरू की गई है सेक्टर पंद्रह में दो हजार नौ से चार हजार वर्गफीट के भूखंड तथा सेक्टर तीस में डेढ़ हजार से दो हजार तीन सौ पचास वर्गफीट के भूखंड लीज पर आवंटन के लिए निविदा जारी की गई है

नपानि रिसाली प्रदेश में नगर पालिक निगम भिलाई से अलग होकर नगर पालिक निगम रिसाली आगामी एक अप्रैल से अस्तित्व में आ जाएगा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर पालिक निगम भिलाई तथा रिसाली के बीच संपत्ति और दायित्वों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी की गई

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राज्यसभा बिल राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने एसिड फेंकने वाले हमलों के लिए कठोर दण्ड देने का प्रावधान किए जाने की मांग करते हुए भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया सुश्री पांडेय द्वारा प्रस्तुत विधेयक में बताया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधानित दण्ड अपर्याप्त है और इन हमलों के अपराधियिों को कड़ी सजा देने तथा पीड़ितों के मौद्रिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए इसमें संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है मौसम अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है यही एक द्रोणिका विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक जा रही है इसके असर से छत्तीसगढ़ में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं संक्षिप्त समाचार खबरें संक्षिप्त में शहीद सैनिकों के परिजनों ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की इस अवसर पर राज्यपाल ने शहीदों की पत्नियों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई